केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सहित अन्य मंत्रियों ने संभाली भाजपा की कमान वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सांसद नवजोत सिंह सिद्ध ने किया कांग्रेस का प्रचार प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये आम आदमी पार्टी ने शपथ पत्र के रूप में जारी किया अपना घोषणा पत्र केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिये साइबर काइम कॉर्डिनेशन सेंटर बनाया जा रहा है साइबर पुलिस का भी होगा गठन गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा का हुआ उद्घाटन

प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आज राज्य में कई सभाएं की

वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर और सिवनी में प्रचार सभाओं में हिस्सा लिया केन्द्रीय मंत्री उमाभारती ने पिछौर विधानसभा क्षेत्र के बामोरकला में एक चुनावी सभा में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है दूसरी और केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शिवपुरी के कोलारस में चुनावी सभा ली उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायसेन जिले के उदयपुरा और सीहोर जिले के जावर में भाजपा उम्मीद्वार के पक्ष में वोट डालने की अपील की वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सालीचोका रोड़ और तेंदुखेड़ा में चुनाव प्रचार किया

यहां उन्होंने पत्रकारों को सम्बोधित किया पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध ने जबलपुर और सिवनी में प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अमरवाड़ा करेली गाडरवाड़ा में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेष यादव ने बालाघाट और परसवाड़ा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं की वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेष की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मुरैना और भिंड जिलों में बसपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया निर्वाचन समीक्षा निर्वाचन आयोग के उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रभूषण ने आज मुरैना में होने वाले विधानसभा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान निर्वाचन में अपनी सहभागिता कर रहे अधिकारियों की बैठक ली बैठक में उन्होंने जिले के निर्वाचन अमले को निर्देश दिये कि नये मतदाता पहचान पत्र को शीघ्र वितरित किया जाए बैठक से पहले उन्होंने आयोग के चुनाव प्रेक्षकों से गहन चर्चा कर मुरैना जिले में संचालित चुनावी गतिविधियों की जानकारी ली पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि चुनावों में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च को रोकने के लिये मतदाताओं को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये सी विजिल एप पर कोई भी मतदाता सूचना दे सकता है इसी के आधार पर अधिक खर्च को रोकने में आयोग को मदद मिलेगी दूसरी तरफ श्री चन्द्रभूषण ने अम्बाह में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि अवैध हथियार रखने वालों पर कडी कार्यवाही की जाये आम आदमी पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज भोपाल में अपना शपथ पत्र जारी किया इसमें किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ करने और किसानों को देश के अर्थ तन्त्र में मुख्य और बुनियादी स्थान दिलाने की बात कही गई है आम आदमी पार्टी ने शपथ पत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने महंगाई को रोकने सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की बात करते हुए युवाओं के लिये रोजगार सुरक्षा कानून बनाने पर भी जोर दिया है पार्टी ने पारदर्शी और बेहतर प्रशासन देने का वायदा भी किया है शपथ पत्र जारी करने के अवसर पर पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल उपस्थित थे

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं साइबर काईम केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भोपाल में कहा कि केन्द्र सरकार देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर चिंतित है उन्होंने बताया कि इससे निपटने के लिए साइबर अपराध प्रणाली आई फोर सी यानी इंडियन साइबर काइम कॉर्डिनेशन सेंटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साथ ही साइबर पुलिस का गठन भी किया जा रहा है मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया की नोटबन्दी ने देश मे आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा किया आज इंदौर में एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सरकार में रहते मध्यप्रदेश के साथ कोई भेदभाव नही किया उन्होंने राज्य सरकार की किसानों के लिये चलाई जा रही भावान्तर भुगतान योजना को पूरी तरह से फ्लॉप बताया उन्होंने आरोप लगाए की मप्र में नर्मदा का रेत माफिया द्वारा भरपूर दोहन किया गया है मनमोहन सिंह ने कहा कि मप्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी पीछे है

नेशनल कैडेट कौर एनसीसी के छात्रों ने शिवपुरी शहर में रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया और उन्हें अधिक मतदान की प्रेरणा दी उधर रायसेन में जिला कलेक्टर ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की जिले में महिला मतदाताओं को रंगोली मेहंदी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है साथ ही घरों में जाकर भी महिला मतदाताओं से अधिक वोट करने की अपील की जा रही है राजगढ कटनी जिले में भी मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं

भारतीय पैनोरमा देश की सर्वोत्तम फिल्मों का प्रतिनिधित्व करता है और वह क्षेत्रीय सिनेमा और प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिये पिछले अनेक वर्षो से बेहतरीन मंच सिद्ध हुआ है फीचर फिल्म की श्रेणी में आज मल्यालम फिल्म ओलू का प्रदर्शन किया गया

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किये हैं वहीं योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है

चार अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंन्द्र मालथौन में भर्ती कराया गया जहां उनका प्राथमिक उपचार के उपरांत सागर जिला अस्पताल भेजा गया है पुलिस के अनुसार ललितपुर के मोतीलाल साहू का परिवार सागर से एक पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे इस दौरान मालथौन थाना अर्न्तगत मांदरी फाटक के पास यह दुर्घटना हो गयी हादसे की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी सहित पुलिस दल मौके पर पहुंच गये

इस्लाम धर्म के अनुयायी इस दिन को ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई दी है सतना जिले में मिलाद उन नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर आगरमालवा जिले में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किये जा रहे हैं खंडवा जिले में जुलूस निकाला गया डिंडोरी में भी मिलाद उन नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलम्बियों ने रैली निकाली जबलपुर होशंगाबादझाबुआ सहित प्रदेश के कई जिलों में मिलाद उन नबी का पर्व मनाने के समाचार मिले हैं किकेट भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीन टी ट़वेंटी मैचों की श्रंखला के तहत आज ब्रिसबेन में खेले गये पहले मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को चार रन से हरा दिया

ग्वालियर में आज मानव श्रंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया वहीं मध्यप्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया